इस भवन का संचालन सामान्य प्रशासन विभाग और पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय परिसर के समीप महाधिवक्ता कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री का नगर निगम शिमला के महापौर व उपमहापौर के चयन को लेकर भाजपा नेताओं के साथ चर्चा करने का भी कार्यक्रम है

इससे आयकर सेवाओं के लाभ उठाए जा सकेंगे

विजय दिवस राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है

इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था

विधायक राजेंद्र गर्ग ने क्षेत्र की अमरपुर पंचायत में कल सुकड़ी दखेतर उठाऊ पेयजल योजना के उद्घाटन अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि हर घर में नल और नल में शुद्ध जल के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं इंटक इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने लोक निर्माण विभाग में मजदूरों की भर्ती पर रोक लगाने के सरकार के निर्णय का विरोध किया है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

मौसम पर दैनिक जागरण की सुर्खी है अभी पटरी पर नहीं लौटी जिंदगी शिमला में फिर हआ हिमपात

हिमाचल दस्तक के अनुसार प्रदेशवासी कांपे सैलानियों की खिली बांछें पांच जिलों का पारा माइनस में पहुंचा अजीत समाचार के मुताबिक शिमला में ताजा हिमपात सैलानियों ने लिया लुत्फ पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा के हवाले से दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है एसआईटी दुरुस्त सीबीआई ने भटकाई ग्रड़िया मामले की जांच फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट को किया सार्वजनिक जबकि आपका फैसला के शब्द हैं सीबीआई जांच पर पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल ने उठाए सवाल न्यायालय में पेश नहीं की गई रिपोर्ट प्रदेश में नहीं काट पाएंगे पक्षियों के घोंसले वाले पेड़ शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है जैव विविधता अधिनियम के तहत नहीं मिलेगी मंजूरी